मन की बात में अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा विलुप्त होती भाषाओं के संरक्षण के प्रयास जारी

कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में इसके लिए उन्होंने लोगों को धन्यवाद दिया राम मंदिर पर जब फैसला आया तो पूरे देश ने उसे दिल खोलकर गले लगाया पूरी सहजता और शांति के साथ स्वीकार किया आज भन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों को साध्यवाद देता हूँ न्यवाद देना चाहता हूँ उन्होंने जिस प्रकार के धैर्य संयम और परिपक्वता का परिचय दिया है मैं उसके लिए विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सम्यता संस्कृति और भाषाए पूरी दुनिया को विविधता में एकता का संदेश देती हैं उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने दो हजार उन्नीस को देशी भाषा वर्ष घोषित किया है ऐसे में उन भाषाओं को संरक्षित करने के प्रयास हो रहे हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं श्री मोदी ने उत्तराखण्ड में अपनी भाषा के संरक्षण के लिए एक समुदाय के कुछ लोगों द्वारा शुरू की गई पहल की चर्चा भी की डेढ़ सौ साल पहले आध्निक हिंदी के जनक भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने भी कहा था निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मुल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल अर्थात मातृभाषा के ज्ञान के बिना उन्नति संभव नहीं है ऐसे में रंग समुदाय की ये पहल पूरी दुनिया को एक राह दिखाने वाली है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश में एनसीसी दिवस मनाया जा रहा है उन्होंने इस अवसर पर एनसीसी के कृष्ठ कैंडेटों से बातचीत की जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत शिविरों और युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के संबंध में अपने अनुभव साझा किए प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मुहिम की चर्चा करते हए फिट इंडिया सप्ताह मनाने की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पहल की सराहना की प्रधानमंत्री ने हर साल छब्बीस नवंबर को मनाए जाने वाले संविधान दिवस के महत्व की भी चर्चा की

जो प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करता है और यह हमारे संक्रियान निर्माताओं की दूरदर्शिता की वजह से ही सुनिश्रचित हो सका है प्रधानमंत्री ने स्कूबा गोताखोरों का जिक्र करते हुए कहा कि यदि हर कोई अपने आस पास के इलाकों को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने का संकल्प ले तो प्लास्टिक मुक्त भारत पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है पिछले कई दिनों से ये गोताखोर समुद्र में तट के करीब सौ मीटर दूर जाते हैं

परीक्षाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे परीक्षा के समय अपने यूवा साथियों को हंसता हुआ तथा उनके अभिभावकों और शिक्षकों को तनावमुक्त देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यपालों से अनुरोध किया है कि वे युवाओं और छात्र समुदायों को जल संरक्षण की अच्छी आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करें उन्होंने जल से सम्बंधित परम्परागत तरीकों को प्रचारित करने का भी अनुरोध किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल नई दिल्ली में राज्यपालों के पचासयें सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि सम्मेलन में जल जीवन मिशन पर चर्चा होना इस बात का परिचायक है कि सरकार जल संरक्षण और जल प्रबन्धन तकनीकों को प्राथमिकता देती है राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने समापन भाषण में कहा कि राज्यपाल का पद संघीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण बिन्द् है और राज्यपालों को अपनी भूमिका से केन्द्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए उन्होंने राज्यपालों को अपने अपने राज भवनों को आम जनता तथा विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों के लिए संवादपरक और सुगम बनाने का सुझाव दिया श्री कोविन्द ने कहा कि इस साल छबीस नकम्बर को संविधान की सत्तरवीं वर्षगाठ है इसी दिन से नागरिकों के बीच मूल कर्तव्यों के बारे में जागरूकता के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा यह सम्मेलन कल शाम समाप्त हो गया

उन्होंने कहा कि अपराध का खात्मा ही सुशासन की नींव होती है उन्होंने प्रदेश पुलिस से इसी बुनियाद पर कार्य करने को कहा मुख्यमंत्री कल मुरादाबाद के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में दो हजार अट्ठारह बैच के दो सौ निन्यानवे दरोगाओं की पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आंकड़ों से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में पिछले ढाई वर्षो में सकारात्मक सुधार आया है उन्होंने प्रयागराज के कुम्म वाराणसी में अप्रवासी भारतीयों के सम्मेलन लोक सभा चुनाव और अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद प्रदेश में शांति और सौहाई को पुलिस के परिश्रम का परिणाम बताया मुख्यमंत्री ने प्रदेश पुलिस में शामिल हुए दरोगाओं से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने को ही लक्ष्य बनाकर कार्य करने को कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मामले के फैसले को देखते हुए अगले महींने की पन्द्रह तारीख तक समुचित और प्रभावी सुरक्षा बन्दोबस्त सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये हैं श्री योगी ने राज्य में कानून व्यवस्था और अन्य विषयों पर जनपद और मण्डल स्तरीय प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था के मामले में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये मुख्यमंत्री ने धर्मस्थलों पेट्रोल पम्प व्यवसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा बैंकों पर सी सीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश भी दिया उन्होंने अयोध्या प्रकरण के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य में सौहार्द और शान्ति के वातावरण की नयी मिसाल कायम करने पर अधिकारियों की प्रशंसा की श्री योगी ने अधिकारियों से कहा कि वह पीस कमेटियों धर्म गुरूओं और समाज के विभिन्न वर्गो के साथ लगातार सम्पर्क और संवाद जारी रखें ताकि सूबे में शान्ति का माहौल कायम रहे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आम नागरिकों की समस्याओं का निराकरण समयबद्व तरीके से किये जाने का निर्देश भी दिया प्रदेश सरकार फाइलेरिया से बचाव के लिए आज से राज्य में व्यापक उपचार अभियान शुरू कर रही है केन्द्र सरकार ने देश से फाइलेरिया को पूरी तरह समाप्त करने के लिए वर्ष दो हजार इक्कीस की समय सीमा तय की है इस अभियान के अंतर्गत अगले महीने की दस तारीख तक उन्नीस जिलों में दो वर्ष से अधिक आय के बच्चों को दवा दी जाएगी इन जिलों में लगभग साढ़े छः करोड़ लोगों को दवा वितरित करने के लिए पैंसठ हजार से अधिक टीमें लगाई जाएंगी

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

जिन नेताओं के खिलाफ यह कार्रवाई की गयी है उनमें पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी पूर्व सांसद संतोष सिंह रामकृष्ण ट्विवेदी पूर्व एमएलसी सिराज मेंहदी आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य विनोद चौधरी तथा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष स्वयं प्रकाश गोस्वामी शामिल हैं